मंत्रिमंडल ने सांसदों और विधायकों को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा वापस लेने का निर्णय भी लिया हालांकि ये सुविधा पूर्व सांसदों व विधायकों को जारी रहेगी

अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लिए निर्णयों को कल्याणकारी व जनहित में बताया है ऊना जिला भाजपा जनजाति मोर्चा की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश के प्रवासी श्रमिक और गरीब लोगों को आर्थिक व समाजिक सुरक्षा प्रदान की है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए हैं कुलदीप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है

राठौर ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं से बगैर कोविड जांच व अनुमति के लोग आ रहे हैं

सेब में स्कैब बीमारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में भी कारगर कदम नहीं उठा रही है बिंदल भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के कालाअंब इलाके में विकास कार्यो का जायजा लिया इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यो में गुणवत्ता बनाए रखने के आदेश दिए बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है गणेशदत्त प्रदेश सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों के हितों के लिए प्रयासरत है

हिमफैड के अध्यक्ष गणेशदत्त ने शिमला में पत्राकारों से बातचीत में कहा कि सेब से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी उन्होंने कहा कि सभी एकत्रीकरण और बिकी केंद्रों में पूरी पारदर्शिता के साथ सेब व आम के विपणन की व्यवस्था की गई है

प्रधानमंत्री ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

वे अपने विचार नमो ऐप्प या माईगोव पर भी भेज सकते हैं निर्देश बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल की जमीन संबंधी मामलों को संबंधित एसडीएम व तहसीलदार के समक्ष उठाने के निर्देश दिए हैं बिलासपुर में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिन पाठशालाओं में आपदा प्रबंधन किट उपलब्ध नहीं है वहां शीघ्र ही ये किट दी जाएगी उन्होंने बताया कि बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागेदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए ई संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वाबलम्बन योजना मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना के अंतर्गत मंडी जिले को इस वित्त वर्ष के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है